कई जगह आंधी और बारिश होने की चेतावनी

नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि संशोधित योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में एक वर्ष में तीन किस्तों में कुल छह हजार रुपये की राशि अंतरित की जाती है बाइट अभी तक जो प्रावधान था उस प्रावधान के अंतर्गत साढ़े बारह करोड़ किसान इस योजना के अंतर्गत कवर होते थे दो करोड़ किसान ऐसे थे जो अभी इस योजना से छूट रहे थे जो दो हेक्टेयर तक का बंधन मंत्रिपरिषद में समाप्त कर दिया है अब सभी किसान इस योजना में पात्र होंगे दो करोड़ किसान और जुड़ जाएंगे तो यह संख्या साढ़े चौदह करोड़ हो जाएगी गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट संदेश में कहा कि नरेन्द्र मोदी ने वादे के अनुसार प्रधानमंत्री किसान योजना का दायरा बढ़ाकर इसका लाभ सभी किसानों को देने का फैसला किया है

इस योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को साठ वर्ष की आयु के बाद तीन हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी

मंत्रिमंडल ने छोटे व्यापारियों के लिए भी पेंशन योजना को स्वीकृति दी है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य दुकानदारों खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार करने वालों को सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है

श्री जावड़ेकर ने बताया कि सरकार ने मवेशियों के मुंह और पैरों की बीमारियों पर काबू पाने के लिए विशेष योजना को भी मंजूरी दी है केन्द्रीय मंत्री अमित शाह राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल सहित कई राज्य मंत्रियों ने आज अपने अपने मंत्रालयों का कार्यभार संभाला लिया है श्री शाह ने गृह मंत्रालय का कार्यभार संभाला

केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षामंत्री का प्रभार ग्रहण किया

एक ट्वोट संदेश में उन्होंने कहा कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा तंत्र की मजबूती के लिए तत्पर हैं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

नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण और इससे संबंधित मुद्दों से निपटना सरकार की शीर्ष वरीयताओं में शामिल है बाइट ये मंत्रालय है पांच तत्वों की रक्षा करने का जल वायु अग्नि पृथ्वी और आकाश यही इस मंत्रालय का मैंडेट है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की एक दृष्टि है कि ये पंच तत्वों की रक्षा करना हमारा काम है श्री जावड़ेकर ने कहा कि उनका मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि पर्यावरण की रक्षा और विकास साथ साथ हों कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को आज नई दिल्ली में पार्टी के नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों ने कांग्रेस संसदीय दल का पुनः नेता चुन लिया है इसकी जानकारी देते हुए पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया को बताया कि पार्टी संसद के आगामी अधिवेशन के लिए अपनी रणनोति तय करेगी उन्होंने कहा कि संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी न कहा कि पार्टी आत्म विश्लेषण करेगी और जो गलतियां हुई हैं उन्हें सुधारा जायेगा सत्रहवीं लोकसभा का पहला सत्र सत्रह जून से शुरू होगा

उन्होंने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव इस महीने की उन्नीस तारीख को कराया जाएगा

आर्थिक सर्वेक्षण चार जुलाई को संसद के पटल पर रखा जाएगा जबकि केन्द्रीय बजट पांच जुलाई को पेश किया जाना है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

इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला पिछली आठ मार्च को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रखी थी निर्माण कार्य से पहले की सभो जरूरी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है

प्रदेश के कई हिस्सों में तेज गर्मी और लू का प्रकाप जारी है बुन्देलखंड का बांदा जिला सबसे ज्यादा गर्म स्थान रहा जहां सैंतालीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया जो सामान्य से चार डिग्री ज्यादा है वहीं झांसी में छियालीस दशमलव छह सेल्सियस डिग्री तापमान रिकार्ड किया गया इसी तरह प्रयागराज में तापमान चौवालीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया मौसम विभाग ने इटावा औरैया जालौन और कानपुर देहात जिलों और आसपास के क्षेत्रों में आंधी आने और तेज रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश और धूलभरी आंधी का अनुमान व्यक्त किया गया है प्रदेश के पूर्वी जिलों में गर्मी का यह सिलसिला दो तीन दिनों तक जारी रहेगा उर्दू के जाने माने साहित्यकार और शायर बशीर फारूको का आज लखनऊ में उनके आवास पर निधन हो गया वह लगभग अस्सी साल के थे परों के दरमियान और दायरों के दरमियान सहित उनके पांच काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं स्वर्गीय फारूको के काव्य संग्रह परों के दरमियान को उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी द्वारा पुरस्कत भी किया जा चुका है साहित्यिक योगदान के लिये उन्हें उर्दू और हिन्दी सहित कई संस्थाओं द्वारा सम्मानित भी किया गया था उनका अंतिम संस्कार आज इशा की नमाज के बाद माल एवेन्यू स्थित कब्रिस्तान में किया जायेगा राज्यपाल राम नाईक ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अध्यादश दो हजार उन्नीस को प्रख्यापित कर दिया है

पहले अमेठो के सभी डिग्री कॉलेज छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के क्षेत्राधिकार में आते थे सरकार ने यह फैसला अमेठी से कानपुर की दूरी अधिक होने की वजह से लिया है प्रदेश के सिंचाई और जल संसाधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने मूरादाबाद मंडल के सभी जिलों में पन्द्रह जून तक बाढ़ सुरक्षा से संबंधित सभी कामों को पूरा करने के निर्देश दिये मूरादाबाद में विभागीय कार्यो की समीक्षा के दौरान उन्होंने सिंचाई विभाग की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिये सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया